वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अनुसार केंद्र ने सशक्त व विकसित भारत के निर्माण के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए स्वीप कार्यक्रम के तहत ऊना में पांच हजार से अधिक लोगों ने मानव श्रृंखला से बनाया भारत का नक्शा लोगों को वोट के लिए किया प्रेरित पूर्व मंत्री चौधरी विद्या सागर का बीती रात उनके पैतुक गांव जमानाबाद में निधन राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने जताया शोक एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में हिमाचल के आशीष चौधरी ने जीता रजत पदक

इनमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पांच कांगड़ा से दो मंडी से छः और शिमला से दो उम्मीदवार शामिल हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकर ने हमीरपुर में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश प्रभारी तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कृमार व प्रेम कृमार धूमल भी मौजूद रहे वहीं कांगड़ा लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर ने कांगडा में पर्चा दाखिल किया

जबकि कांग्रेस के तीन उम्मीदवारों ने ही अब तक अपने पर्चे भरे हैं

मुख्यमंत्री इस बीच भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाक्र के नामांकन दाखिल करने के बाद हमीरपुर में एक रैली का आयोजन किया गया इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक सशक्त व विकसित भारत के निर्माण के लिए सराहनीय कार्य किए है उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार और आतंकवाद को खत्म करने के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से दुनिया भर में देश की शान बढ़ी है और भारत की गिनती अब मजबूत देशों में होती है मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने बतौर सांसद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं और क्षेत्र में भाजपा की जीत का सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि वे क्षेत्र को नई ऊंचाईयों तक ले जाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में सीटों के न्यूनतम स्तर पर सिमट जाएगी उन्होंने लोगों से पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर को भारी मतों से विजय दिलाने का आग्रह भी किया इस बीच किशन कपूर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा चुनाव प्रचार में कांग्रेस से बहत आगे है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से पिछले पांच वर्षो में प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं किशन कपूर ने दावा किया कि पार्टी प्रदेश की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी सुरेश भारद्वाज वरिष्ठ भाजपा नेता व राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं में हताशा का माहौल है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को हाशिये पर धकेला जा रहा है और कांग्रेस आनंद शर्मा के रूप में नए नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है सुरेश भारद्वाज ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह द्वारा कल दिए गए ब्यान के बाद उनका पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है

सिरमौर ज़िले के शिलाई व संगड़ाह में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सीमा पर लड़ रहे जवानों पर भी राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कलदीप राठौर ने कहा कि सिरमौर का विकास कांग्रेस की देन है और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इसी जिले से संबंध रखते थे राठौर ने लोगों से पार्टी प्रत्याशी धनीराम शांडिल को जीत दिलाने का आग्रह भी किया ऊना स्वीप निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत आज ऊना में पांच हजार से अधिक लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया इस दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं बूथ लेवल अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भारत का नक्शा बनाकर लोगों को वोट की अहमियत बताई इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने सभी को मतदान की शपथ भी दिलाई उन्होंने सभी से मतदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि दिव्यांगजन और बुजुर्गो के लिए मतदान केंद्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी उन्होंने कहा कि शतायु मतदाताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें मतदान के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा

निधन कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री चौधरी विद्यासागर का कल रात उनके पैतक गांव जमानाबाद में निधन हो गया

चौधरी विद्यासागर कांगड़ा से चार बार विधायक रहे और भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार आज इच्छी गांव में किया गया इस बीच राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने पूर्व मंत्री चौधरी विद्या सागर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है राज्यपाल ने कहा कि चौधरी विद्या सागर एक अनूठे व्यक्तित्व के नेता थे और उन्होंने समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया मुख्यमंत्री ने चौधरी विद्यासागर को महान नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने गरीबों व पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए रामस्वरूप मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा ने आज बंजार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म के तहत कार्य किए जाएंगे रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने क्षेत्र के लिए पिछले पांच वर्ष के दौरान अनेक बड़ी परियोजनाएं स्वीकार की है पूर्वाभ्यास लोकसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में आज पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में पूर्वाभ्यास करवाया गया

सहायक निर्वाचन अधिकारी अमर नेगी ने बताया कि इस दौरान मशीनों से संबंधित विस्तृत जानकारी पीठासीन अधिकारियों को दी गई

आशीष चौधरी मंडी जिले के सुंदरनगर के रहने वाले है ये पहला मौका है जब किसी हिमाचली खिलाड़ी ने एशियन चैम्पियनशिप में रजत पदक हासिल किया प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन के अध्यक्ष अन्राग ठाक्र और राज्य बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष राजेश भंडारी ने शानदार प्रदर्शन के लिए आशीष चौधरी को बधाई दी है राजवंत संधु राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की राज्य समिति की अध्यक्ष राजवंत संध् ने कहा है कि अपविष्ट निस्तारण के प्रबंधन को लेकर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं कुल्लू में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि स्वस्थ पर्यावरण के लिए एनजीटी द्वारा जंगलों की सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित बनाया जा रहा है राजवंत संधू ने कहा कि जिले में मनाली सहित विभिन्न पर्यटन स्थल और नदी नाले हैं उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को राजमार्ग के अनेक स्थानों पर फैली गंदगी का जल्द समाधान करने को कहा